अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट

और बेगूसराय में अलग अलग दुर्घटनाओं में पांच बच्चों की डूबकर मौत

मौसम विभाग ने आज और कल दरभंगा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित उन्नीस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इसके मद्देनजर समूचे राज्य में कल बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों के ऊपर चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके कारण लगातार बारिश हो रही है दरभंगा शेखपुरा पूर्णियां में सभी स्कूलों को भारी बारिश के मद्देनजर कल बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं वहीं मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन ने कल से तीस सितम्बर तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण गोपालगंज सिवान सारण सुपौल मधुबनी सीतामढ़ी शिवहर किशनगंज अररिया वैशाली खगड़िया और मध्रपेरा जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है जल संसाधन विभाग के ईजीनियर तटबंधों की चौकसी कर रहे हैं बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है इस दौरान लोगों को खुले में और पेड़ों के नीचे शरण लेने से मना किया गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक तेरह सेंटीमीटर बारिश गोपालगंज जिले के भोरे में रिकॉर्ड की गयी वहीं रोसड़ा पूसा और रफीगंज में सात सात सेंटीमीटर बारिश हुई है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी बारिश के मददेनजर आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है फरक्का बराज के कई गेट खोले जाने के बाद गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर से भागलपुर तक गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है हालांकि नदी अभी भी कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के गांधी घाट हाथीदह और मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से अस्सी सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं सोन नदी का जलस्तर मनेर में लाल निशान से अड़तीस सेंटीमीटर ऊपर है इधर उत्तर बिहार की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बनी हुयी हैं खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड के लगार गांव के पास गंगा नदी पर बने रिंगबांध के टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं उदयप्र चकप्रयाग तटबंध पर भी पानी का दवाब बढ़ गया है गंगा और कोसी नदी के पानी से भागलपुर जिले के लगभग ढाई सौ गांव प्रभावित हैं सबौर में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर लगभग डेढ़ फूट तक पानी बह रहा है सुल्तानगंज नवगछिया इस्माइलपुर नारायणपुर हरी और अकबर नगर में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हयी है पूर्णिया जिले के रूपौली प्रखंड के मोहनपूर कौशकीपूर डोभ और भाऊआ परवल सहित आधे दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है कटिहार में पांच प्रखंडों के चालीस पंचायतों में करीब डेढ़ लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं जिला प्रशासन बाढ़ से घिरे इलाकों में हेलिकॉप्टर के जरिये राहत पहुंचाने पर विचार कर रहा है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी के उफान से अमवा खास तटबंध का तेजी से कटाव जारी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किये गये हैं लोगों को सामुदायिक रसोई घरों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है भागलपुर जिले के सबौर और बरारी थाने के दो पुलिस अधिकारियों को कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताा कि हत्या और अपहरण के दो अलग अलग मामलों में समय पर आरोप पत्र जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई की गयी है सबौर थाने के दारोगा नन्दकिशोर पासवान और बरारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है

इस सीट पर राजद ने पार्टी के जिलाध्यक्ष जफर आलम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है राज्य की एक राज्यसभा सीट के लिये उपचुनाव की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है इस सीट के लिये सोलह अक्टूबर को चुनाव होगा नामांकन भरने की अंतिम तिथि चार अक्टूबर तक निर्धारित है राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी के निधन से ये सीट रिक्त हुई है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाकर सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है मुजफ्फरपुर में आज एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर एक कलंक की तरह था और इसे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था इधर सासाराम में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है

पश्चिम चंपारण जिले का भितिहरवा आश्रम उन्हीं में से एक है

गांधी जी ने यहां से सामाजिक सुधार और शिक्षा के बारे में जन जागरुकता का भी प्रयास किया था गांधीवादी अनिरुद्ध चौरसिया बताते हैं कि जब स्थानीय लोग पीछे हट गये तो एक मंदिर के पुजारी रामनारायण दास ने भितिहरवा आश्रम के लिए जमीन दी थी

गांधी जी के जीवन के बारे में जानने और उनकी शिक्षा को आत्मसात करने के लिए लोग यहां आते हैं बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ पटना से अभिषेक दास पश्चिम चंपाारण जिले के वाल्मीकिनगर जंगल के पास से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने डेढ़ करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गिरफ्तार तस्कर की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी स्टेफन के रूप में की गयी है मुजफ्फरपुर जिले में भिखनपुरा रामदयालु इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर अपराधियों ने एक बैंक से आज दिन दहाड़े आठ लाख रूपये लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि हथियार बंद अपराधियों ने एसबीआई की शाखा में इस घटना को अंजाम दिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है बेगूसराय जिले के लाखो और मंसूरचक थाना क्षेत्र में अलग अलग दुर्घटनाओं में डूबकर पांच बच्चों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाखो थाना क्षेत्र के शाहपुर में एक तालाब में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई बताया जाता है कि स्कूल से लौटने के क्रम में यह बच्चे तालाब में स्नान करने गये थे वहीं मंसूरचक थाना क्षेत्र के आगापुर में नहर में डूबने से दो स्कूली बच्चों की मौत हो गयी एक बच्चे का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है

अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट

और बेगूसराय में अलग अलग दुर्घटनाओं में पांच बच्चों की डूबकर मौत